इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हमारा फोकस कुछ निश्चित क्षेत्र पर ही हो कई ऐसे भी क्षेत्र है जहां कृशल लोगों की कमी है हमें अपनी रूचि के अनुसार उन क्षेत्रों की ओर बढ़ना चाहिये इस दौरान श्री चौहान ने विद्यार्थियों से सीघा संवाद करते हुये उनके सवालों के जबाव दिये

पुलिस सूत्रों के अनुसार जीप और मिनी ट्रक के आमने सामने की टक्कर में जीप सवार यात्री जबलपुर से लौट रहे थे घायलों को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया

मानसून पूर्व की गतिविधियों में भी इजाफा हुआ है और अनेक स्थानों पर पिछले कुछ दिनों से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई आज भोपाल में हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हवाओं रूख पूर्वी होने से मौसम में बदलाव के चलते शहर में अब मॉनसून पूर्व गतिविधियों के जोर पकड़ने के संकेत है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान सागर रीवा शहडोल संभागों तथा खंडवा खरगोन बड़वानी ग्वालियर दतिया भिंड मुरैना भोपाल रायसेन होशंगाबाद विदिशा जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है अब कुछ समाचार संक्षेप में होशंगाबाद जिला मुख्यालय पर आज रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है